इस दौरान आम जनता को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन काल में बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविघाओं से आम लोग वंचित थे भाजपा सरकार आने के बाद विकास के कार्यो में प्रगति हुई है श्री चौहान ने कहा कि निम्न आय वर्ग वाले परिवारों को संबल योजना के तहत हर सुविधाएं दी जा रही हैं संबल योजना से छोटे किसानों को भी लाभ दिया जायेगा कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर हम पान की खेती करने वाले किसानों की कठिनाइयों दूर करेंगे भाजपा सरकार में पान किसानों को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई कर पान उत्पादक किसानों का पलायन रोका जायेगा श्री कमलनाथ कल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राज्य भर से आये चौरसिया कुमावत तम्बोली और वरई समाज के प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की एक व्यवस्था बनाई है जो गांव से शुरू होकर भोपाल तक आती है हम सब को मिलकर व्यवस्था में परिवर्तन करना है

उन्होंने महिलाओं से बात करते हुए कहा है कि उज्जवला योजना से महिलाओं को धूंए से मुक्ति मिली है वहीं सौभाग्य योजना से ग्रामीणों को निःशुल्क कनेक्शन दिये जा रहे हैं श्रीमति सिंधिया ने इस दौरान विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित किया

इस योजना के तहत महिलाएं रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन रही हैं इस योजना के प्रदेश में भी सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं होशंगाबाद जिले के बेहरा खेड़ी गांव की सुनीता आत्मनिर्भर होकर समाज में मिसाल बन गई हैं सुनीता हर्बल साबुन बनाती हैं

एक सितम्बर तक चलने वाले शिविर के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की भावना विकसित करने के उद्वेश्य से कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी

मौसम केन्द्र भोपाल के अनुसार सिस्टम के बनने से प्रदेश में वर्षा का दौर जारी रहेगा मौसम विमाग ने ग्वालियर भोपाल रीवा सागर शहडोल होशंगाबाद बालाघाट और सिवनी जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा की सम्भावना जताई है

स्वास्थ्य विभाग की टीम डेंगू पीड़ित मरीजों का इलाज कर रही है

जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों की विशेष साज सज्जा की जा रही है